श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेली हर गांव से इस योजना को लांच किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस अभियान के शुरू होने से प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रवासी मजदूरों को आर्थिक संकट से उबारकर उनके जीवन में नया उजाला लाएगा

इस योजना पर प्रदेश के मजदूरों ने भी प्रसन्नता जाहिर की है

अभियान के तहत होने वाले कार्यों में तालाब बनाना दीवार बनाना पशुपालन के लिए आवास बनाना स्थानीय सड़कों और पुलों का निर्माण करना जैसे कार्य शामिल हैं योग दिवस कोरोना संक्रमण के कारण बदली हुई परिस्थितियों में विश्व योग दिवस के मौके पर कल प्रदेश में नागरिक अपने घरों में ही योग करेंगे

होशंगाबाद और टीकमगढ जिले में योग दिवस पर लोग अपने घर में ही फेसबुक की लिंक पर लाइव देख कर योगाभ्यास में शामिल होंगे गुना जिले में एप के माध्यम से योग कराया जाएगा सतना जिले के चित्रकूट स्थित ग्रामोदय विश्वविद्यालय में योग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या साढ़े ग्यारह हजार से ज्यादा हो गयी है

श्योपुर जिले में कोरोना संकमित एक वर्षीय बालक के कोरोना को मात देने पर उसे आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है

ऐसा ही एक उदाहरण जबलपुर में देखने को मिल रहा है यहां मानसिक रुप से विक्षिप्त एक युवती कोरोना संक्रमित पाई गई है इस युवती का इलाज जबलपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है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

मौसम प्रदेश में बारिश का दौर जारी है

इसके अलावा रीवा जबलपुर शहडोल सागर भोपाल होशंगाबाद उज्जैन इंदौर ग्वालियर और चंबल संभागों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है अब कुछ समाचार संक्षेप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्यप्रदेश इनोवेशन चैलेंज पोर्टल का शुभारंभ किया